निर्वाचन आयोग द्वारा शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं इन सभी मतदान केंद्रों पर वरिष्ठ अधिकारियों के अधीन अर्ध सैनिक बलों की अट्ठारह कंपनियां और राज्य पुलिस के जवान की तैनाती की गई है पालिन विधानसभा क्षेत्र के संग्राम जोरु चोलो रेस्टरिंग राकसो और अमसुकपिंजा न्यापिन विधानसभा क्षेत्र के चेकी पातिंग और कामबांग ताली विधानसभा क्षेत्र के गिम्बा कोरेहापा और जारा कोलोरियांग विधानसभा क्षेत्र के दामिन ताबा लांगबांग नाम्पे निकोरियांग और पानी मतदान केंद्र पर कल सुबह छह से दोपहर दो बजे तक वोट डाले जाएंगे अमसुकपिंजा मतदान केंद्र पर लोक सभा चुनाव की ईवीएम और वीवीपैट के सुरक्षित होने की वजह से केवल विधान सभा के लिए दोबारा वोट डाले जाएंगे लोकसभा चुनाव के चौथे के लिए प्रचार चरम गया है इस चरण में नौ राज्यों के इकहत्तर निर्वाचन क्षेत्रों में सोमवार को मतदान होगा इस चरण के लिए कल शाम प्रचार अभियान समाप्त हो जाएगा राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे है विभिन्न दलों के स्टार प्रचारक देशभर में दौरे कर रहे है

मुख्य सचिव ने राज्य वार्षिक कार्य योजना की समीक्षा करते हुए प्रशिक्षण तत्वो के उचित मुल्यांकन पर जोर दिया

मुख्य सचिव ने कहा कि प्रारुप को ऐसे तरीके से तैयार किया जाना चाहिए जिसमें ट्रेनर और प्रशिक्षू दोनों से फीड बेक प्राप्त किया जाए राज्य में कैंसर मरिजों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से कैंसर जागरुकता शिविर निरंतर चलाने पर जोर दिया उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश इंद्र मल्होत्रा को प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए आतंरिक जांच समिति का नया सदस्य नियुक्त किया किया गया है समिति के सदस्य न्यायमूर्ति एन वी रमण ने कल समिति से अलग हटने का फैसला लिया था इस बीच न्यायमूर्ति एन वी रमणा ने उच्चतम न्यायालय की पूर्व महिला कर्मी के संदेह और आरोपों को बेबुनियाद और मनगंढ बताया है उन्होंने कहा कि यह फैसला उन्होंने इसलिए लिया ताकि न्यायपालिका के उच्च आदर्शों और मानकों पर कोई संदेह न उठे

ईस्ट सियांग जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित इस शिविर के दौरान रोगियों की निशूल्कः जांच की गई शिविर के पहले दिन लगभग नौ सौ से अधिक लोगों ने अपना पंजीकरण कराया और इस सेवा का लाभ उठाया पहली बार भारतीय सेना द्वारा कल महिलाओं की सैन्य पुलिस में भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किए सेना द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार सेनिक सामान्य ड्यूटी महिला सैन्य पुलिस की भर्ती के लिए आवेदन आठ जून को समाप्त हो जाएगी नासा द्वारा प्रक्षपित रोबोटिक लैंडर इनसाईट ने पहली बार मंगल पर संवभतः भूकंप दर्ज किया अमरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने यह जानकारी दी लैंडर के भूकंपमापी यंत्र साईस्मिक एक्सपेरिमेंट फॉर इंटेरियर स्टक्चर ने छह अप्रैल को कमजोर भूकंपीय संकेतों का पता लगाया इनसाईट का छह अप्रैल को मंगल पर एक सौ अटठाईसवां दिन था नासा के एक बयान में कहा कि सभवतः ग्रह के भीतर से भूकंपीय संकेत मिले है और ऐसा पहली बार हुआ है अमेरिका में नासा की जेट प्रपल्शन लैबोरेटोरी के प्रमुख वैज्ञानिक ने कहा बताया कि इनसाईट से मिली पहली जानकारियां नासा के अपोलो मिशन से शुर हुए विज्ञान को आगे बढ़ाती है

आज का अधिकतम तापमान छत्तीस डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान चौबीस दशमलव तीन डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया